प्रदेश में चार चरणों में डाले जायेंगे वोट

कर्नाटक मणिपुर राजस्थान और त्रिपुरा में दो चरणों में वोट पडेंगे असम और छत्तीसगढ़ में तीन चरणों में तथा झारखंड मध्यप्रदेश महाराष्ट्र और ओडिशा में चार चरणों में मतदान कराया जायेगा जम्मू कश्मीर में मतदान के पांच चरण होंगे जबकि पश्चिम बंगाल बिहार और उत्तर प्रदेश में सात चरणों में वोट पडेगें

उन्होंने कहा कि आदर्श चुनाव आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है और इसका उल्लंघन करने वालों से आयोग सख्ती से निपटेगा

इनमें साढ़े आठ करोड़ मतदाता नये जोड़े गये हैं

प्रदेश में मतदान की शुरूआत देश में होने वाले मतदान के चौथे चरण के साथ होगी

प्रदेश में भी तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है प्रदेश में चुनाव से जुड़े विस्तृत ब्यौरे के लिये राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बीएल कांताराव अब से थोड़ी देर बाद मीडिया को जानकारी देंगे

इन दलों में लोकतांत्रिक जनता दल जनसंघ पार्टी अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस बहुजन आवाम पार्टी किसान मजदूर संघर्ष पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा और माकपा शामिल हैं ये चुनाव चिन्ह मुक्त चुनाव चिह्न होंगे लेकिन इन दलों के उम्मीदवार जिन चुनाव क्षेत्रों में खड़ा होंगे वहां उन्हें यही चुनाव चिन्ह दिये जाएंगे विमान दुर्घटना इथियोपियाई एयरलाइंस का एक यात्री विमान आज अदिस अबाबा से नैरोबी जाते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया

एयरलाइन तथा सरकारी प्रसारण सेवा की ओर से मृतकों की संख्या की पुष्टि की गई है जारी बयान में कहा गया है कि अदिस अबाबा से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद विमान दक्षिण पूर्व में स्थित बिशोफ्तु शहर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया दुर्घटना के कारणों का अभी तक पता नहीं चला है उच्चतम न्यायालय उच्चतम न्यायालय ने औद्योगिक प्रदूषण के कारण सिलिकोसिस से पीड़ित हुए लोगों के लिए मुआवजा निर्धारित करने के मुद्दे पर सभी राज्यों को अपने जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है सिलिकोसिस फेफड़े का रोग है जो सिलिका कणों के कारण होता है उच्चतम न्यायालय ने कई राज्यों में सिलिकोसिस पीड़ित कामगारों के पुनर्वास संबंधी मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि इन पीड़ितों के लिए मुआवजे संबंधी आदेश अगली सुनवाई में दिया जाएगा इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से यह बताने को कहा था कि कामगारों को सिलिकोसिस से बचाने और उन्हें सुरक्षित तथा मर्यादित कामकाजी माहौल उपलब्ध कराने की दिशा में क्या प्रयास किए गए हैं

पुरस्कार पाने वालों में अभिनेता कादर खान अकाली दल नेता सुखदेव सिंह ढीढ़ंसा और जानेमाने पत्रकार कुलदीप सिंह नय्यर भी शामिल हैं कादर खान को पद्मश्री और नय्यर को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा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 पुरस्कार समारोह में उपराष्ट्रपति एमवेंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के भी उपस्थित रहने की संभावना है पद्म पुरस्कारों की घोषणा गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर की गई थी अन्य पुरस्कार इस महीने के आखिर में आयोजित होने वाले समारोह में दिये जाएंगे गौबर की लकड़ी भोपाल जिला कलेक्टर डॉ सुदाम खाडे ने आज गांव मुगालियाछाप स्थित महामृत्युंजय गौ शाला में गाय के गोबर से बनाई जाने वाली लकड़ी की मशीन का उदघाटन किया इस अवसर पर मध्यप्रदेश की स्वछ भारत अभियान की ब्रांड अम्बेसेडर किन्नर सजना सिंह राजपूत भी उपस्थित थी इस अवसर पर वैज्ञानिक डॉ योगेन्द्र कुमार सक्सेना ने बताया कि गाय के गोबर से बनी लकड़ी गौ काष्ठ का उपयोग भोपाल के छोला सुभाष नगर तथा भदभदा शमशानघाट में किया जा रहा है उन्होंने बताया कि गौ काष्ठ को बनाने के लिए गौ शालाओ में मशीन लगाई गई हैं गौरतलब है कि राजधानी भोपाल में धीरे धीरे गौ काष्ठ की मशीने बढ़ती जा रही है यह मशीने गौ शाला को दान दाताओ द्वारा फ्री में दी जा रही है

इस अवसर पर वैज्ञानिक डॉक्टर सक्सेना ने बताया कि गौ कास्ठ जलाउ लकड़ी से सस्ती होती है और इसके उपयोग से पेड़ो को कटने से भी बचाया जा सकता है राज्यपाल प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने कहा है कि छात्रों में नेतृत्व विकास के लिये उन्हें औद्योगिक प्रष्ठिानों का भी भ्रमण कराया जाए उन्होंने कहा कि नेतृत्व विकास के लिये चलने वाले शिविरों में सांस्कृतिक और व्यक्तित्व विकास की गतिविधियों को शामिल किया जाये राज्यपाल ने सुझाव दिया कि राजभवन में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों का संचालन शिविर के प्रतिभागी बच्चों से ही कराया जाये ग्लुकोमा सप्ताह आज से विश्व ग्लूकोमा सप्ताह मनाया जा रहा है इसका उद्देश्य ग्लूकोमा यानी काला मोतिया के बारे में जागरूकता फैलाने और लोगों को नियमित रूप से आंखों की जांच कराने के लिये प्रेरित करना है दुनिया में ग्लूकोमा अंधेपन का दूसरा सबसे बड़ा कारण है

भारत में ग्लुकोमा अंधेपन का सबसे बड़ा कारण बनता जा रहा है और लगभग एक करोड़ बीस लाख लोग इससे प्रभावित हैं जिनमें से बारह लाख लोग इसके कारण दृष्टिहीन हो चुके हैं

इससे पहले भारतीय कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया

पांच मैचों की श्रृंखला में भारत दो एक से आगे है इस वर्ष मई में लंदन में होने वाले विश्वकप से पहले यह भारतीय टीम की आखिरी एकदिवसीय श्रृंखला है

जिससे आम जन परेशान है